न्यायालय ने कहा है कि केंद्र की सहायता से अस्थायी अस्पताल बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए न्यायालय ने सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर ऑक्सीजन एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के सरकार को निर्देश दिए हैं

एक सरकारी प्रवक्ता ने कल शिमला में कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल स्थापित किया गया है ताकि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सके प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को यह घोषित करना अनिवार्य किया गया है कि पंजीकरण के दौरान दिए गए तथ्य सही हैं

रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय होने वाली कठिनाइयों से लोगों को राहत दिलाना है

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्वि लगातार जारी है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादलों के बीच हल्की धूप खिली हुई है प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों लाहौल स्पिति किन्नौर कल्लू व चंबा में बीते कल बारिश हुई वहीं सोलन चंबा व हमीरपुर में बारिश के अलावा ओलावृष्टि का भी समाचार है

अखबारों की सर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रदेश में प्रवेश की प्रकिया को मजबूत करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश में एंट्री के लिए पंजीकरण के सत्यापन पर सख्ती करेगी सरकार पंजाब केसरी के शब्द हैं बॉर्डर हो सकते हैं सील कोविड पास सत्यापन के बाद ही मिलेगा प्रवेश दिव्य हिमाचल का शीर्षक है अब कफर्यू पास पर ही एंट्री हिमाचल सरकार ने बार्डर पर बेरोकटोक आने पर लगाई रोक दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में प्रवेश अब केवल प्रशासनिक अनुमति से हिमाचल दस्तक का कहना है एसडीएम देंगे ई पास तभी हिमाचल में एंट्री

जबकि अमर उजाला का शीर्षक है कोरोना कफर्य के पहले दिन बाजारों में सन्नाटा तय नियमों में चले निजी वाहन दैनिक जागरण ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है प्रदेश में बढाए कोरोना की टैस्टिंग वहीं हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कोविड टेस्टिंग और अस्पताल बढ़ाए राज्य सरकार पंजाब केसरी की सुर्खी है चिकित्सीय सुविधाओं की खामियों को उजागर करने वाली याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब

दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है कोरोना संकमितों के उपचार के लिए निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति में जूटी सरकार वहीं आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में ऑक्सीजन का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करें ऑक्सीजन उत्पादक इसी समाचार पत्र ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान को सुर्खी दी है हिमाचल सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी